आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उद्योग भी सामान्य स्थिति की ओर लौट रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई देशवासियों के अथक और सामूहिक प्रयासों की परिचायक है उन्होंने कहा कि किस प्रकार देशवासियों ने गंभीर च्नौतियों का सामना किया और कोरोना को उतनी तेजी से फैलने नहीं दिया जितनी तेजी से यह द्निया के अन्य भागों में फैला प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना की मृत्युदर भारत में बह्त कम है श्री मोदी ने कहा कि देश के सभी भागों से महिला स्वयं सहायता समूहों के शानदार कार्यों की भी सैंकड़ों गाथाएं सामने आ रही हैं महामारी के कारण लोगों के कष्टों और समस्याओं पर अपनी पीड़ा साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस ने समाज के सभी वर्गो को प्रभावित किया लेकिन सबसे बड़ी मार गरीब मजदूरों और कामगारों पर पड़ी है उन्होंने कहा कि केन्द्र राज्य तथा सभी स्थानीय निकाय उनकी समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा परिदृश्य हम सब के लिए सबक के साथ साथ भविष्य की नीति तय करने का अवसर भी है प्रधानमंत्री ने कहा कि समय की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हम नये समाधान खोजें उन्होंने कहा कि सरकार ने इस दिशा अनेक कदम उठाये हैं श्री मोदी ने बताया कि केन्द्र ने हाल ही में क्छ ऐसे निर्णय लिये है जिनसे ग्रामीण रोजगार स्व रोजगार और लघ् उद्योगों के लिए नये अवसर ख्ले हैं उन्होंने आशा व्यक्त की कि आत्मनिर्भर भारत अभियान देश को इस दशक में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के मौजूदा समय में लोग योग पर गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं हरेक जगह लोग योग और आय्र्वेद के बारे में लोग अधिक से अधिक जानना चाहते हैं और इन्हें अपनी जीवन शैली में अपनाना चाहते हैं

श्री मोदी ने कहा कि पानी को बचाने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया कि वे पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधें रोपें और प्रकृति के साथ अपने संबंध स्दृढ करें

लॉकडाउन का चौथा चरण आज समाप्त हो रहा है राज्य सरकारों और केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासन दवारा निर्धारित कंटेनमेंट जोन को छोड़कर देश के बाकी क्षेत्रों में कल से लॉकडाउन खोलने का पहला चरण श्रु होगा ग्रीन और ओरेंज जोन में सुबह पांच बजे से रात नौ बजे तक कुछ गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अन्मति होगी

कल से राज्यों में और राज्यों के बीच आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा लेकिन राज्य सरकारों को इस संबंध में नियम बनाने की छूट होगी

गृह मंत्रालय ने प्रत्येक व्यक्ति को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेत् ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी है ताकि इस वैश्विक महामारी से भारत की लड़ाई में सहायता की जा सके

ये दिशा निर्देश सभी सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर लागू होंगे इसके तहत मास्क लगाना या चेहरा ढ़कना अनिवार्य होगा और सार्वजनिक स्थलों पर थ्रकना ज़र्माने के साथ दण्डनीय अपराध होगा सार्वजनिक स्थलों पर और परिवहन में स्रक्षित दूरी बनाए रखने के निर्देशों का पालन करना होगा

इसके साथ ही कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर चार हो गई है जिसमें से तीन सक्रिय मामले है

अधिकारिक सूत्रों के अन्सार पिछले चौबीस घंटे में लखीमप्र जिले में अद्वारह बरपेटा में बारह उदालग्री में सात बक्सा में पांच कामरुप जिले में तीन धैमाजी में दो नलबाड़ी में एक एयरपोर्ट में कोरोना संक्रमण के दो नये मामले सामने आएं हैं राज्य के धेमाजी जिले के म्रकोंग सेलेक क्वारेंटिन सेंटर में रह रहे है दो य्वकों को दूसरी बार स्वैब जांच में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है अधिकारिक सूत्रों के अन्सार ये दोनों युवक चेन्नई से गत बाईस मई को वापस आएं थे उन्हें अब धेमाजी जिला अस्पताल में भेज दिया गया है इस तरह धेमाजी जिले में अब तक कोरोना के पंद्रह पॉजिटिव मामले दर्ज किये गये है